सात की स्थिति गंभीर

केन्द्र सरकार राज्य के कई जिलों में चमकी बुखार से मौत के मामलों से उत्पन्न हालात का जायजा लेने के लिए आज चिकित्सा विशेषज्ञों की एक उच्चस्तरीय टीम मूजफ्फरपूर भेज रही है गर्मी और उमस के कारण राज्य के कई जिलों में एईएस के मामलों पर नियंत्रण के लिए यह दल कार्य करेगा केन्द्रीय स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय ने छह सदस्यीय टीम बनाई है केन्द्रीय स्वास्थ्य मंत्री हर्षवर्धन ने कहा कि विशेषज्ञों की टीम में राष्ट्रीय रोग नियंत्रण केन्द्र राष्ट्रीय विषाणु रोग नियंत्रण कार्यक्रम भारतीय चिकित्सा अनुसंधान परिषद और एम्स पटना के विशेषज्ञ शामिल हैं इधर राज्य स्वास्थ्य सचिव संजय कुमार ने बताया कि केन्द्रीय टीम एसकेएमसीएच केजरीवाल अस्पताल और आस पास के इलाकों में स्थित प्राथमिक चिकित्सा केन्द्रों का भी दौरा करेगी उन्होंने कहा कि बीमार बच्चों को अस्पताल तक ले जाने के खर्च का भुगतान रोगी कल्याण समिति करेंगी एम्बुलेंस की भी सुविधा निःशुल्क उपलब्ध करायी जा रही है राज्य में दिमागी बुखार से इकतालीस बच्चों की जान जा चुकी है जबकि साठ बच्चों का इलाज चल रहा है सात की स्थिति गम्भीर बतायी जा रही है उधर समस्तीपुर में इलाज के दौरान तीन बच्चों की चमकी बुखार से मौत हो गयी है जबकि वैशाली जिले में दो बच्चों की चमकी बुखार से मौत हो चुकी है भारतीय रिजर्व बैंक ने रूपये के डिजिटल अंतरण को बढ़ावा देने के लिए एनईएफटी और आरटीजीएस प्रणालियों के जरिये धन अंतरण पर सारे शुल्क खत्म कर दिए हैं रियल टाइम ग्रॉस सेटलमेंट सिस्टम आरटीजीएस और नेशनल इलेक्ट्रॉनिक फंड्स ट्रांसफर सिस्टम एनईएफटी के जरिए ऑनलाइन फंड ट्रांसफर के लिए एक जुलाई से कोई शुल्क नहीं देना होगा रिजर्व बैंक ने शीर्ष बैकों को सलाह दी है कि इन प्रणालियों के जरिये धन अंतरण पर लेन देन के फायदों का सीधा भुगतान किया जाये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 मंत्री ने बताया कि सहकारी संस्था नैफेड को निर्देश दिया गया है कि वह खुले बाजार में दो लाख टन मसूर की दाल उपलब्ध कराए श्री पासवान ने कहा कि इस निर्णय से अरहर दाल की उपलब्धता बढ़ेगी और कीमतों में संभावित उछाल को रोका जा सकेगा उन्होंने अरहर दाल के मूल्यों में बढ़ोतरी की खबरों को खारिज करते हुए कहा कि सरकार के पास उनतालीस लाख टन दालों का पर्याप्त भंडार है जिसमें सिर्फ अरहर दाल ही साढ़े सात लाख टन है प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी आज नई दिल्ली में नई मंत्रिपरिषद की पहली बैठक करेंगे इस बैठक में श्री मोदी सरकार की कार्य योजना की रूपरेखा स्पष्ट कर सकते हैं इसके पूर्व प्रधानमंत्री ने केन्द्र सरकार के सचिवों के साथ बैठक की थी और उनसे स्पष्ट लक्ष्यों के साथ प्रत्येक मंत्रालय का पांच वर्षीय योजना दस्तावेज तैयार करने को कहा था राजधानी पटना और आसपास के क्षेत्रों में पिछले चौबीस घंटों में तापमान में पांच डिग्री सेल्सियस तक की कमी दर्ज की गयी है पटना का अधिकतम तापमान कल अड़तीस दशमलव आठ डिग्री सेल्सियस तक दर्ज किया गया जिससे अगले एक सप्ताह तक बारिश नहीं होने की सम्भावना जतायी गयी है इधर गया का अधिकतम तापमान इकतालीस दशमलव छह डिग्री और भागलपुर का सैंतीस दशमलव आठ डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया है मौसम वैज्ञानिकों ने कहा है कि सत्रह जून से राज्य के अधिकांश क्षेत्रों में आंशिक रूप से बादल छा सकते हैं गंगा के तटीय क्षेत्र और पूर्वी बिहार के कुछ हिस्से में ब्रंदाबादी भी हो सकती है जबकि दक्षिण बिहार के इलाके में मौसम शुष्क रहेगा और कुछ जगहों पर गर्म हवा चलेगी मौसम विभाग की ओर से जारी पूर्वानुमान के अनुसार आज पटना सहित पूरे प्रदेश के तापमान में एक डिग्री सेल्सियस तक की वृद्धि की संभावना है उधर गर्मी के कारण शेखपुरा जिला प्रशासन ने सभी सरकारी और निजी विद्यालय को सोलह जून तक बंद करने का निर्देश दिया है हालांकि इस दौरान शिक्षक विद्यालय में ग्यारह बजे तक उपस्थित रहेंगे शिक्षा विभाग ने भीषण गर्मी और लू से स्कूली बच्चों के बचाव के लिए सभी जिलों को आवश्यक कार्रवाई करने का निर्देश दिया है शिक्षा विभाग के उपसचिव अरशद फिरोज ने सभी क्षेत्रीय शिक्षा उपनिदेशकों और जिला शिक्षा अधिकारियों को पत्र भेजा है जिसमें कहा गया है कि बच्चों को भीषण गर्मी से बचाने के लिए विद्यालय सुबह की पाली में संचालित करने स्कूलों को अल्प अवधि के लिए बंद करने तथा लू से बचाव के उपायों को प्रभावी बनाने का प्रयास करें प्रधानमंत्री आवास योजना की प्रतीक्षा सूची की जानकारी अब पंचायतों में सार्वजनिक स्थान पर उपलब्ध रहेगी जिससे ग्रामीणों को जानकारी मिल सके कि वह कब इस योजना से लाभान्वित होंगे सकेंगे योजना की प्रतीक्षा सूची को पंचायत में किसी सार्वजनिक स्थान पर दीवार लेखन द्वारा प्रदर्शित किया जायेगा ग्रामीण विकास विभाग ने इस संबंध में सभी उप विकास आयुक्तों को निर्देश जारी किया है प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी अपने दूसरे कार्यकाल में एक बार फिर मन की बात कार्यक्रम के माध्यम से देश के नागरिकों और विदेश स्थित भारतीयों को संबोधित करेंगे प्रधानमंत्री इस महीने की तीस तारीख को सुबह ग्यारह बजे आकाशवाणी से मन की बात साझा करेंगे यह इस मासिक कार्यक्रम का चौवनवां संस्करण होगा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 लोग माई जीओवी ओपन फोरम में अपने विचार भेज सकते है या टोल फ्री नंबर एक आठ शून्य शून्य एक एक सात आठ शून्य शून्य पर प्रधानमंत्री के नाम हिन्दी अथवा अंग्रेजी में अपना संदेश रिकॉर्ड करवा सकते है केन्द्र सरकार ने अल्पसंख्यक छात्रों के सामाजिक आर्थिक और शैक्षणिक सशक्तिकरण के लिए अगले पांच साल में पांच करोड़ विद्यार्थियों को छात्रवृत्ति देने का निर्णय लिया है जिसमें पचास प्रतिशत लड़कियां शामिल है केन्द्रीय अल्पसंख्यक मंत्री मुख्तार अब्बास नकवी ने नई दिल्ली में कहा कि छात्र छात्राओं को मैट्रिक पूर्व और मैट्रिक के बाद की छात्रवृत्ति दी जाएगी राज्य सरकार ने वृद्वजन पेंशन योजना को लोक सेवाओं के अधिकार कानून से जोड़ दिया है जिससे निर्धारित समय सीमा के अन्दर लाभार्थियों को योजना का लाभ मिल सके राज्य कैबिनेट की हुई बैठक में इस आशय का निर्णय लिया गया बैठक के बाद प्रधान सचिव ब्रजेश मेहरोत्रा ने बताया कि प्रदेश के वैसे बुजुर्ग जिन्हें कहीं से कोई पेंशन नहीं मिल रही है उनके लिए यह योजना शुरु की गयी है मंत्रिमंडल ने इसके साथ हीं प्रदेश के किसान सलाहकारों का मानदेय बढ़ाने के प्रस्ताव को भी मंजूरी दे दी है पूर्व मध्य रेल के दरभंगा और मंडन मिश्रा हॉल्ट के बीच आमान परिवर्तन के बाद पैसेंजर ट्रेन का परिचालन पन्द्रह जून से शुरू हो जायेगा मुख्य जनसम्पर्क पदाधिकारी राजेश कुमार ने बताया कि सोलह जून से इस रेलखंड पर नियमित परिचालन शुरू हो जायेगा पटना के पाटलिपुत्र खेल परिसर में ग्यारह से चौदह जुलाई तक छियासठवीं सीनियर राष्ट्रीय महिला कबड्डी चैंपियनशिप का आयोजन किया जायेगा यह जानकारी राज्य कबड्डी संघ के सचिव कुमार विजय ने दी है पटना में खेली जा रही अन्डर सिक्सटीन टेनिस टूर्नामेंट में बिहार के इशान रंजन मोहम्मद सुजैन और कार्तिकेय ने अपने अपने मुकाबले जीत कर सेमीफाइनल में जगह बना ली है अब पटना से प्रकाशित प्रमुख समाचार पत्रों की सुर्खियां आज के सभी समाचार पत्रों ने राज्य कैबिनेट की बैठक में लिये गये निर्णय से जुड़ी खबर को अपनी बड़ी सुर्खी बनाया है प्रभात खबर की सुर्खी है प्रताड़ित होने पर माता पिता अब डीएम कोर्ट में कर सकते हैं अपील हिन्दुस्तान ने इसी खबर का शीर्षक दिया है वृद्धजन पेंशन योजना आरटीपीएस के दायरे में दैनिक जागरण ने मुख्यमंत्री के हवाले से लिखा है हमारा सपना दिल्ली एम्स की बराबरी करे अपना आइजीआइएमएस दैनिक भास्कर ने पटना के नामी बिजनेसमैन ने पत्नी बेटी बेटे को गोली मार कर उसी पिस्टल से की खुदकुशी पत्नी बेटी की मौत बेटा सीरियस को बड़ी खबर बनाया है

सात की स्थिति गंभीर